केन्द्र सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए देश के सभी हवाई अड्डों पर विदेशी उड़ानों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग का फैसला किया है आज नई दिल्ली में हुई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह जानकारी दी

दूसरा अमी इटालियन के बारे में भी आपको बताऊंगा तो अभी जितने भी इंटरनेशनल पेसेंजर्स हैं जो भी बाहर की किसी भी जगह फ्लाईट से आएंगे तो हम लोग उन सबकी स्क्रीनिंग करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश में अब तक कोविड उन्नीस वायरस के अट्ठाईस मामले सामने आये हैं इनमें से सोलह इतालवी और एक भारतीय ड्राइवर है इसके अलावा एक मामला दिल्ली से छह आगरा से एक तेलंगाना और तीन केरल से सामने आए हैं इनमें से केरल के तीनों रोगियों की हालत ठीक हो गई है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस की जांच के लिए पंद्रह प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और उन्नीस अन्य को शीघ्र चालू किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भर के विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि कोविड उन्नीस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने वाले आयोजनों को कम किया जाये एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस सलाह को देखते हुए उन्होंने इस वर्ष किसी भी होली मिलन कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का फैसला किया है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा गृहमंत्री अमित शाह और विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वे इस बार न तो होली मनाएंगे और न ही होली मिलन का आयोजन करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना वायरस के उनचास संदिग्ध मरीजों में से पैंतालीस की जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी है आज विधानमंडल परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पांडेय ने कहा कि पटना के आरएमआरआई में भी कोरोना वायरस की जांच की सुविधा शुरू होगी

तीन रिपोर्ट अमी अवेटेड हैं जो बाद में गया है एक सैंपल रिजेक्ट कर दिया गया है मतलब सैंपल जाने में कोई दिक्कत हुई होगी मतलब एक भी केस बिहार में पॉजीटिव नहीं आया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए एहतिहाती उपायों की सूची जारी की है इसके तहत लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखने और बार बार साबून से हाथ धोने का परामर्श दिया गया है

एक्सपोजर जो हैं हाथ न मिलाएं किसी से कॉन्टेक्ट में कम से कम रहें ये नेचुरल अपने रूटीन में भी डिस्टेंस मेंटेन करें अपने हाथ को फेस पर न ले जाएं अपने हाथ को वॉश करना शोप एंड वॉटर से फ्रीक्वेंटली दिन में बहुत जरूरी है और ऐसे पेशेन्ट्स अगर आपको लगे कि कुछ ट्रेवल करके आए हैं या उनको कफ एंड कोल्ड है या उनको क्वारंट टाइम एडवाइज किया है तो उनका ध्यान रखें कि कौन कौन उनके कांन्ट्रेक्ट में आया है और कोई पैनिक की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन कोल्ड और जो ये कोरोना है उसके सिमटम्स थोडे से ओवर लेपिंग भी होते हैं इसलिए हर बुखार हर जुकाम कोरोना वायरस नहीं है कोविड उन्नीस से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नम्बर शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार छह जारी किया है इसके अलावा ई मेल आईडी एन सी ओ भी टू जीरो वन नाईन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर भी कोरोना वायरस से संबंधित जानकारियां दी और ली जा सकती हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मृत्यदंड पाए चार दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका खारिज कर दी राष्ट्रपति अन्य तीन दोषियों की दया याचिका पहले ही खारिज कर चुके हैं इसके बाद चारों दोषियों को फांसी की सजा देने का रास्ता साफ हो गया है गौरतलब है कि कई कानूनी अड़चनों के कारण अब तक तीन बार फांसी टल चुकी है महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु को उनकी जयंती पर आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी आज ही के दिन वर्ष उन्नीस सौ इक्कीस में अररिया जिले के औराही हिंगना में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था इधर रेणु जी की जयंती पर औराही हिंगना स्थित रेणु ग्राम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया मुख्य राजकीय समारोह पटना में आयोजित हुआ जहां पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और अन्य गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की मैट्रिक परीक्षा की उत्तर प्रस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य कल से शुरू हो रहा है शिक्षकों की हड़ताल को देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मूल्यांकन कार्य में अतिथि शिक्षकों की सेवा ली है हड़ताली शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन कार्य बाधित किये जाने की आशंका को देखते हुए सभी केन्द्रों के दो सौ मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जतायी है आज गया में तीन दशमलव आठ मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज से अखिल भारतीय असैनिक सेवा पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग और बेस्ट फिजिक प्रतियोगिता शुरू हो गयी राज्यपाल फागू चौहान ने प्रतियोगिता की विधिवत शुरूआत की आठ मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में इक्कीस राज्यों की चालीस टीमें भाग ले रही हैं वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी दशरथ राम का आज सासाराम में निधन हो गया वे निन्यानवे वर्ष के थे अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण परिषद् के संयोजक नित्यानंद शर्मा सहित समाज के सभी वर्ग के लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है मूजफ्फरपूर जिले के कटरा और पीयर थाना क्षेत्र से पूलिस ने बीस लाख रूपये मूल्य की डेढ़ हजार कार्टन शराब बरामद की है मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है कटिहार जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ द्रष्कर्म के सोलह साल पुराने एक मामले में दोषी को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है वहीं शेखप्रा जिले की एक अदालत ने शराब तस्करी की दोषी ठहरायी गयी एक महिला को दस वर्ष कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है